ईटानगर स्थित इंदिरा गांधी पार्क में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा मुख्यमंत्री पेमा खांडू और मुख्य सचिव सत्य गोपाल उपस्थित थे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पेमाखांडू ने कहा कि युवा चाहते है कि प्रदेश की तस्वीर बदले और इसके लिए उन्हें एक टीम की तरह काम करना होगा उन्होंने युवाओं के विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की इस अवसर पर ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में प्रदेश की जनजातियों द्वारा लोकनृत्य प्रस्तुत किया गया पारपंरिक परिधानों से सुसज्जित जनजातीय टोलियों ने लोकनृत्य के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता की मूल भावना को प्रदर्शित किया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए चयनित व्यक्तियों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसमें से इक्यावन व्यक्तियों को स्वर्ण और छियालीस को रजत पदक प्रदान किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाए दी है अपने टवीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का आभूषण है इसका अनुपम प्राकृतिक सौंद्रर्य और समृद्ध संस्कृति हमारे लिए गौरव का विषय है में इस राज्य के उच्च्वल भविष्य की कामना करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के लोगों को श्रभकामनाए दी है अपने टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि अरुणाचल की संस्कृति बहुत विशिष्ट है और राज्य के लोग अपने शानदार स्वभाव और देशभक्ति की भावना के लिए जाने जाते है प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में राज्य की निरंतर समृद्धि की भी कामना की इधर राज्य के अन्य भागों में भी तैंतीसवां राज्य स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित आईजीजे खेल मैदान में अयोजित भव्य समारोह में प्रभारी जिलाउपायुक्त टी बोरांग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली अपने संबोधित में श्री बोरांग ने लोगों को शुभकामनाए देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है उन्होंने कहा कि नेफा के बाद अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना और उसके बाद इसे राज्य का दर्जा दिया गया जिसमें कई महान नेताओं का अमूल्य योगदान रहा है इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पासीघाट स्थित दोनी पोलो विद्या निकेतन के छात्रों ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की शहादत को याद करते हुए इस घटना का नाट्य रुपांतरण कर लोगों के दिलों में उस पल को ताजा कर दिया अरुणाचल प्रदेश के तैंतीसवां राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ईटानगर में पहली बार घुड़सवारी शो और क्षेत्रीय घुड़सवार बैठक का आयोजन किया गया उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश घुड़सवार संस्था द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी तीन दिन चलेगी प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले प्रमुख प्रतिभागियों में एनसीसी असम प्रलिस आईटीबीपी लोहितप्रर असम राइफल्स की तीसरी और चौथी कोर असम घुड़सवार फेडरेशन और असम वैली स्कूल शामिल हैं कुल मिलाकर एक सौ उन्नीस घुड़सवार और अड़तीस घोड़े इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे है राजधानी जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने एक आदेश जारी कर ऑल न्यीशी एटनिक छात्र संघ और विभिन्न संगठनों द्वारा ब्रलाए गए अड़तालीस घंटे के राजधानी बंद को अवैध और असंवेधानिक घोषित किया है जिला उपायुक्त ने राजधानी पूलिस अधीक्षक को क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मी तैनात करने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि संगठन ने राज्य में गैर अरुणाचलियों को पी आर सी जारी करने के मामले पर आगामी इक्कीस फरवरी से राजधानी क्षेत्र में अड़तालीस घंटे के बंद रखने की चेतावनी दी थी आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडल की समिति ने दोपहर के भोजन की योजना के संशोधित नियमों को भी मंजूरी दे दी है इस योजना के लिए साल दो हजार उन्नीस बीस में बारह हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च तय किया गया है